आज मनाया जा रहा है विश्व पृथ्वी दिवस

निर्वाचन आयोग ने शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान के लिए सभी आवश्यक प्रबंध किए हैं

वहीं लोकसभा चुनाव के सातवें और अंतिम चरण के लिए अधिसुचना जारी कर दी गई है

संबंधित जिलों में व्यवस्थाओं को द्रुस्त किया जा रहा है रुद्रप्रयाग में यात्रा को लेकर जिलाधिकारी मंगेश धिल्डियाल ने अधिकारियों को समय पर सभी व्यवस्थाएं बहाल करने के निर्देश दिये जिलाधिकारी ने केदारनाथ यात्रा मार्ग पर पॉलीथीन पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाये जाने की बात कही

उधर उत्तरकाशी के जिलाधिकारी आशीष चौहान ने भी चारधाम यात्रा को लेकर विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की उन्होंने सड़कों को जल्द दुरुस्त करने यमुनोत्री गंगोत्री धामों में शौचालयों का निर्माण पूरा करने के साथ ही अन्य जरूरी दिशा निर्देश दिये

गढ़वाल मंडल विकास निगम की एमडी ईवा आशीष श्रीवास्तव का कहना है यात्रा के मद्देनजर इस बार यात्रियों के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं

साथ ही केदारनाथ धाम में आध्यात्म और योग के लिए बनाई गई गुफाएं भी तैयार हो चुकी हैं जिनको ऑनलाइन बुकिंग के जरिए यात्री बुक करा सकते हैं

इन्हें भी सुचारू कर दिया गया है मंदिर समिति के कर्मचारी दीपक नौटियाल ने बताया कि बदरीनाथ मंदिर और परिसर में बिजली सप्लाई शुरू कर दी गयी है वहीं बदरीनाथ बाजार और माणा गांव के लिए विद्युत आपूर्ति का काम जारी है ऊर्जा निगम की विद्युत सप्लाई रडांग बैंड तक सुचारू हो गई है

अल्मोडा में जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतगणना की सभी तैयारी समय पर पुरा करने के निर्देश दिये उन्होंने कहा कि आदेशों के बाद भी अगर मतगणना से संबंधित कार्यों में लापरवाही बरती गई तो उसकी शिकायत भारत निर्वाचन आयोग से की जाएगी जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि मतगणना ड्यूटी पर लगाए गये कार्मिकों को प्रशिक्षण दिलाया जायेगा

एमटीबी चैलेंज दि अल्टीमेट हिमालयन माउंटेन टैरेन बाइकिंग चैलेंज के प्रतिभागियों का दल टिहरी के कोटी कॉलोनी पहुंचा यहां पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया इस प्रतियोगिता में देश विदेश के प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं टिहरी के पर्यटन अधिकारी सूर्यक्मार यादव ने बताया कि इस प्रतियोगिता से प्रदेश में साहसिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा वहीं प्रतिभागियों का कहना है कि इस तरह की प्रतियोगिता के लिए राज्य में राष्ट्रीय स्तर के ट्रैक हैं

इससे पहले प्रतिभागियों के दल ने रुद्रप्रयाग में रात्रि विश्राम किया जहां जिला प्रशासन की ओर से लोकल थीम पर आधारित पाण्डव नृत्य का आयोजन किया गया था इस अवसर पर प्रतिभागियो का स्वागत किया गया गौरतलब है कि राज्य में एडवेंचर पर्यटन की एक गतिविधि के रूप में माउंटेन बाइकिंग को स्थापित करने के उद्देश्य से साइकिल फेडरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद की ओर से इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है इस प्रकार की गतिविधियों के आयोजन से हिमालयी राज्य के अनछ्ए गंतव्यों को वैश्विक मंच पर पहचान दिलाने की योजना है ताकि माउंटेन साइकिलिंग के क्षेत्र में निर्वेशकों को आकर्षित किया जा सके ऑनलाइन हाउस टैक्स देहरादून नगर निगम क्षेत्र के निवासियों को अब हाउस टैक्स या कॉमर्शियल टैक्स जमा कराने के लिये लम्बी कतारों में नहीं लगना पड़ेगा दरअसल आज से नगर निगम ने टैक्स जमा करने के लिए ऑनलाइन सुविधा कर दी है जिससे देहराद्नवासी आसानी से अपने घर का कर ऑनलाइन जमा कर सकते हैं

वहीं टैक्स जमा कराने आये लोगों ने बताया कि ऑनलाइन टैक्स जमा करने से समय की बचत होगी और सरकार को भी समय पर टैक्स मिल सकेगा पेयजल बैठक अल्मोड़ा अल्मोड़ा के जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने कहा है कि शहर में पानी की समस्या से निजात दिलाने के लिये ठोस कार्य योजना बनाने की जरूरत है पेयजल से सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों की बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि कोसी बैराज का काम पूरा होने के बाद जो पेयजल वितरण जोन बनाये गये हैं उसी अनुसार कार्य किया जाए उन्होंने निर्देश दिये कि जोनों का काम तय समय पूरा किया जाए ताकि पेयजल की आपूर्ति हो सके उन्होंने चेतावनी दी कि पेयजल वितरण व्यवस्था में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी विश्व पृथ्वी दिवस आज विश्व पृथ्वी दिवस है इस अवसर पर उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने प्रदेशवासियों से पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक होने की अपील की उन्होंने कहा कि पेड़ पौधे जीव जंतु पृथ्वी में एक पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखते हैं पेड़ पौधों सहित सभी जीव जंतुओं को संरक्षित रखने के लिए सामूहिक रूप से सभी की भागीदारी की आवश्यकता है उन्होंने कहा कि पर्यावरण को प्लास्टिक सहित अन्य कारकों से व्यापक नुकसान पहुंच रहा है सभी को यह कोशिश करनी चाहिए कि पॉलीथीन का उपयोग कम से कम हो और भूमि वायु जल गंगा को प्रदूषित करने वाले कारकों को रोका जाए पृथ्वी दिवस के अवसर पर गोपेश्वर में स्कूली बच्चों ने जागरुकता रैली निकालकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया इस अवसर पर पृथ्वी बचाओ विषय पर चित्रकला प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया

इस वर्ष के पृथ्वी दिवस का विषय है हमारी नस्लें बचाओ